कुल्लू के उपायुक्त यूनस ने बताया कि प्रभावितों को राहत राशि प्रदान कर दी गई है इसके अलावा प्रभावितों को दो महीने का राशन व कबल टैंट भी प्रदान किए जाएंगे इस घटना में किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं है आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है गोबिंद ठाकर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि युवा सामाजिक बदलाव आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के मुख्य कारक हैं शिमला में कल राज्य स्तरीय युवा सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को समाज निर्माण से जुड़े रचनात्मक कार्यों में लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे बुराईयों की तरफ आकर्षित न हों गोबिंद ठाकुर ने नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए कहा कि इसके खिलाफ एक राज्य व्यापी अभियान चलाया जाएगा जिसमें युवाओं की भूमिका और सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा

सीमा सड़क संगठन के कमान अधिकारी डीकेराघव ने बताया कि मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए आज बहाल किए जाने की संभावना है उन्होंने बताया कि सड़क को खोलने के लिए दोनों ओर से मशीनरी लगा दी गई है रेणका मेला सिरमौर जिले का अर्तराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला आज से शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भगवान परश्राम जी की शोभा यात्रा में भाग लेकर मेले का श्रभारंभ करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का उद्घाटन और अवलोकन भी करेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर में भारतीय औद्योगिक संघ की बैठक में भाग लेंगे

स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान भवानी दत्त शर्मा ने खाली पदों को जल्द भरने का सरकार से आग्रह किया है उन्होंने स्थानीय विधायक जवाहर ठाकुर से भी इस संबंध में उचित कदम उठाने की मांग की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने छात्रवृति घोटाले की ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है ढाई सौ करोड़ के छात्रवृति घोटाले में एफआईआर दर्ज पंजाब केसरी की सुर्खी है करोड़ों के छात्रवृति घोटाले में एफआईआर दर्ज

स्कॉलरशिप घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जबकि हिमाचल दस्तक के अनुसार वजीफा फर्जीवाड़े में एफआईआर ब्यास नदी को अंडरग्राऊड कर होगा भूंतर एयरपोर्ट का विस्तार पंजाब केसरी की एक खबर है गऊ संरक्षण से जुड़ी ख़बर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है हिमाचल में बदलेंगे गायों के नाम दैनिक सवेरा के शब्द हैं हिमाचल में गऊ माता की बेकदरी करने वाले नपेंगे आपका फैसला बकौल राज्यपाल आचार्य देवव्रत लिखता है भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा अमर उजाला का शीर्षक है कुल्लू के बरशांघड़ गांव में भीषण अग्निकांड मंदिर और घर जले

स्टोन क्रैशरों पर एनजीटी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी सरकार आपका फैसला की एक अहम खबर है पंतजलि की लीज मनी घटा सकती है सरकार हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है दैनिक जागरण अपने संपादकीय आग से बचाव में लिखता है आग से निपटने के लिए व्यक्तिगत सावधानी पहली शर्त है पर विभाग की तत्तकाल चुस्ती बड़े नुकसान से बचा सकती है ऐसा ना होने से धीरे धीरे ऐतिहासिक धरोहरों का वजूद खत्म होता जाएगा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

नमस्कार